यह बैठक पहले सुबह साढे दस बजे प्रस्तावित थी लेकिन दोपहर करीब एक बजे शुरू हुई बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि विधायक दल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एकमत से संपूर्ण समर्थन करता है बैठक में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को कमजोर करने की निंदा की गयी पार्टी विरोधी गतिविधि करने वाले कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग भी की गयी है बैठक के बाद विधायकों को जयपुर के दिल्ली रोड़ स्थित एक होटल में मेज दिया गया बैठक में विधायकों की उपस्थिति को बारे में अलग अलग दावे किये जा रहे हैं हालांकि बैठक में कांग्रेस के अलावा सीपीआई एम भारतीय ट्राइबल पार्टी तथा आरएलडी के विधायकों ने भी भाग लिया कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और वह पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी इससे पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट और अन्य विधायकों के लिए पार्टी और आलाकमान के द्वार अभी भी खुले हैं यदि कोई मतभेद हैं तो उन्हें पार्टी फोरम पर आकर कहना चाहिए

वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भीडिया से कहा कि कांग्रेस की अंतर्रकलह खुलकर सामने आ गयी है

लोगों में बीमारी के प्रति जागरूकता बढी है और वो इससे बचाव के प्रति सचेत हुए हैं बीकानेर के मुख्य चिकित्सा और स्वासथ्य अधिकारी डॉक्टर बी एल मीणा ने बताया कि लोग अब पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और तुरंत जांच कराने के लिए निर्धारित केन्द्रों पर पहुंच रहे हैं

जांच केन्द्र पर आये एक अन्य मरीज ने बताया कि उसमें किसी तरह के लक्षण नहीं हैं और जागरूकता की वजह से वे जांच कराने आए हैं

मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को काम मिल रहा है दौसा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोत ने कहा कि काम के लिए आने वाले सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ डीपी जारोली ने परिणाम जारी किया

छात्राओं ने इस बार भी बाजी मारी

बोर्ड ने यह परीक्षा परिणाम आज घोषित किये लडकों की तलना में लडकियों का प्रदर्शन लगभग छह प्रतिशत बेहतर रहा

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर सफल विद्यार्थियों को बधाई दी है

इस दौरान कई प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों के कागजात और सम्पतियों की जांच की जा रही है विभाग ने राज्य में जयपुर समेत कई जगह होटल और दूसरे कारोबारों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे

हालांकि शहरों में मंदिर अभी बंद हैं उधर बंदी की तारागढ पहाडी पर स्थित छोबरा चामुंडा माता का प्राचीन मेला आज नहीं भरा मंदिर में दर्शन पर कोरोना की वजह से रोग लगाई गई है तारागढ की तलहटी पर लगने वाला मेला भी नहीं भरा

पहाड़ी पर हर वर्ष हजारों श्रद्वाल् दर्शन के लिए जाते हैं लेकिन इस बार मंदिर बंद हैं

आज बूंदी दौसा और ज्ञालावाड़ में अच्छी बारिश के समाचार मिले हैं राजधानी जयपुर में दिनभर बादल छाये रहे और ं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई

इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ घोयें या सेनेटाइजर से साफ करें